सम्मेलन महाराष्ट्र के पूणे में आज से पूलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का तीन दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मेलन के उद्घाटन संत्र को संबोधित किए जाने की संभावना है जबकि प्रधानमंत्री मोदी इसके समापन सत्र को संबोधित करेंगे इस सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी कुशलता से पुलिस कार्य के साथ ही वैज्ञानिक और फॉरेंसिक आधारित जांच है सम्मेलन के दौरान इन विषयों पर कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन में बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण थाने को सम्मानित किया जायेगा गौरतलब है कि अजाक थाने को पिछले दिनों देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में शामिल किया गया था सड़क सुरक्षा प्रदेश में अब स्कूल स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे भोपाल में कल राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि स्कूली स्तर पर सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित कर मासिक और त्रैमासिक जानकारी प्रस्तुत करें उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को भी कहा साथ ही सड़क सुरक्षा के लिये किये गये अच्छे कार्यों की जानकारी देने के निर्देश दिये बैठक में प्रदेश में सड़कों पर अतिक्रमण रोकने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही करने को कहा गया समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारियों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा संबंधी किये गये कार्यों एवं प्रयासों की जानकारी दी पदस्थापना राज्य शासन ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है

इनमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं रजनीश कुमार श्रीवास्तव नर्मदापुरम संभाग के नए कमिश्नर होंगे नर्मदापुरम संभाग के मौजूदा कमिश्नर रवींद्र कुमार मिश्रा को जबलपुर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है जबकि होशंगाबाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को मंत्रालय अटैच किया गया है धनंजय सिंह भदौरिया होशंगाबाद के नए कलेक्टर होंगे वहीं संजीव कुमार झा आध्यात्म विभाग में सचिव बनाया गया है क्लीन अभियान इंदौर में जिला प्रशासन शासकीय भूमि से अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण हटाने के लिये ऑपरेशन क्लीन अभियान चला रहा है अभियान के तहत कल कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव के निर्देशन में पुलिस और नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से षहर में चार भवनों के अवैध निर्माण हटाये गये इनमें से तीन होटल और एक आवासीय भवन था नगर निगम की जांच के दौरान तीनों होटलों के निचले भूतल और भूतल पर अतिरिक्त निर्माण के साथ वाहन पार्किंग स्थल पर कब्जे अवैध निर्माण का खुलासा हुआ था

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है जहां सांसद और गणमान्य व्यक्ति संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्वा सुमन अर्पित कर सकेंगे प्रदेश में भी राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है बाबा साहब की जन्मस्थली महू में उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी वही खंडवा में इस अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर में उन्हें माल्यार्पण कर याद किया जायेगा इस दौरान शहर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे स्कूल कॉपी चेकिंग अभियान प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज सभी शासकीय स्कूलों में कापी चेकिंग का एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया जायेगा इस दौरान शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से स्कूलों में कापी चेकिंग कार्य का निरीक्षण भी कराया जायेगा इस अभियान के दौरान कक्षा के समस्त उपस्थित छात्रों की संबंधित विषयों की शत प्रतिशत कापियां चेक की जायेगी

सहज भुगतान सेवा मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीणों को बिजली का बिल भरने के लिए गांव से दूर बिजली सेवा केंद्र जाने से राहत देने के लिए सहज भुगतान सेवा वाहन षुरु की है ये वाहन अब गांवों में पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान लेकर हाथों हाथ रसीद भी दे रहे हैं

इन रथों से न केवल बिजली बिल का भूगतान लिया जा रहा है बल्कि बिजली संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है

कार्बन उत्सर्जन रोक इंदौर नगर निगम ने तीन बार देष का सबसे स्वच्छ षहर होने के साथ ही अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई उपलब्धि हासिल की है

अब इस तिथि तक संपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन राज्य हज कमेटी को किए जा सकेंगे

अब तक करीब साढ़े दस हजार आवेदकों ने ही पंजीयन कराया है

मैच शाम सात बजे से शुरू होगा

वेस्टइंडीज के खिलाफ वे इस फारमेट में वापसी करेंगे वहीं शिखर धवन चोट की वजह से बाहर है

योगेश गुप्ता मुरैना नाथ्यसिंह गुर्जर भिंड और सुरेन्द्र बुधोलिया को दतिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया है वहीं सुरेन्द्र जाट श्योपुर राजू बाथम शिवपुरी गजेन्द्र सिंह सिकरवार गुना और उमेश रघुवंशी अशोकनगर जिले के भाजपा अध्यक्ष होंगे